इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य रेल सड़क स्वच्छता सौन्द्रीयकरण से जुड़ी इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र की विकास संबंधी आकांक्षायें पूरी होगी वहीं आवगमन के सुगम होने के साथ ही सुविधाओं का विस्तार भी होगा श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से ना सिर्फ विभिन्न क्षेत्रों का कायाकल्प होगा बल्कि लोगों को रोजगार मिलने से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आयेगा

ग्रु रविदास चौदहवीं सदी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सुधारकों में से एक थे इस अवसर पर प्रदेश में भी कई आयोजन किये जा रहे हैं उनके अनुयायियों ने भजन कीर्तन के साथ जगह जगह जुलूस निकालें और उनके उपदेशों का स्मरण किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविदास जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं एक संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि गुरु रविदास उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में से एक थे उन्होंने शांति सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सौहाई समानता और सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में संत रविदास के संदेश बहूमूल्य हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई गणमान्य लोगों ने प्रदेशवासियों को रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी हैं सीएम उद्योग चर्चा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर भोपाल में उद्योग समूहों के साथ चर्चा की

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य पर उनके विचार व अनुभव साझा किये इस दौरान औद्योगिकीकरण के साथ रोजगार सृजन के लिये कई सुझावों पर भी चर्चा की गई अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं मुख्यमंत्री सलाह प्रदेश में स्कूली बच्चों की परीक्षाओं की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें धैर्य लगन और एकाग्रता के साथ परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी है उन्होंने एक संदेश में कहा कि ईमानदारी से पढ़ाई करने पर सफलता जरूर मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा देते समय बच्चों का आत्मविश्वास मजबूत रहना चाहिए और उन्हें धैर्य के साथ सवाल का जवाब देना चाहिए उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं सुझ रहा हो तो बच्चों को परेशान होने की बजाए जो शेष प्रश्न हैं उन्हें हल करना चाहिए मुख्यमंत्री ने बच्चों को परीक्षा में सफल होने के लिए श्भकामनाएं भी दी हैं

पहले दिन दिल्ली की लिप्सा सत्पथी ओडिसी जयप्रभा मेनन मोहिनीअट्टम और गुवाहाटी की मुद्रस्मिता दास और साथी सत्रिय नृत्य प्रस्तुति देंगे

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रभारी मंत्री हर्ष यादव भी मौजूद रहेंगे

इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं की जानकारी ली

इस मेले में किसानों को कृषि योजनाओं के साथ ही उन्नत खेती की तकनीक से भी अवगत कराया जायेगा